मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री ने पांच जिलों के पांच पांच लाभार्थियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के तहत अब तक चालीस लाख से अधिक लाभार्थियों को मकान उपलब्ध कराया है

समारोह की शुरुआत अगले महीने की चार तारीख को होगी और यह पूरे साल चलेगा

चौरी चौरा शताब्दी समारोह के प्रतीक चिह्न का विमोचन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले सप्ताह लखनऊ में आयोजन समिति की पहली बैठक में संयुक्त रूप से किया था इस बीच मुख्यमंत्री आज कुशीनगर भी पहुंचे जहां वह रामकथा कार्यक्रम में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सभी क्षेत्रों का विकास कार्य कराया जा रहा है

इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि प्रदेश से भ्रष्टाचार और अपराध को खत्म करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है बाइट उस समय सड़कों के गढ्ढे कैसे थे आप याद करिये और आप समीक्षा करियेगा कि भाजपा की सरकार आने के बाद और भाजपा की सरकार आने से पहले क्या अन्तर था लोग भूल जाते है पहले बिजली कितनी आती थी और आज कितनी बिजली आ रही है पहले नहरों में सूखा के अलावा कभी वहां नहीं देखा गया था क्या लेकिन आज सूखा खत्म हुआ कि नहीं हुआ पहले गुंडागर्दी के अलावा शरीफ आदमी की बात सुनी जाती थी क्या लेकिन आज कया किसी अधिकारी और कर्मचारी या पुलिसवाले कोई गुर्डे ओर अपराधी को संरक्षण देने का काम कर सकते है क्या आज कार्रवाई हो रही है जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी और जो गलत नहीं करेगा उसका पूरा सम्मान होगा हम पूरे सुधार की प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ रहे थे जनता की समस्या हमारे कार्यकर्ता जो ले जाते है उस समस्या का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना यह दायित्व है और उसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी

एकट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से कार्यक्रम के लिए प्रेरक कहानियां साझा करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उनमें से कुछ कहानियों को अपने कार्यक्रम में शामिल भी करेंगे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

केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने आज कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित चार दिवसीय वर्च्रअल कालीन मेले का उद्घाटन किया

मेले में भदोही मिर्जापुर वाराणसी के कालीन निर्यातक शामिल हो रहे है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में सही सूचनाओं के प्रचार प्रसार और अफवाहों को दूर करने के लिए विभिन्न पक्षों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है

विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने को वैक्सोन सूविधा के माध्यम से महामारी के टीके जल्द और समानता के आधार पर सभी देशों को उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया है

अयोध्या में मस्जिद निर्माण की प्रतीकात्मक शुरूआत कल से हो गई मस्जिद का निर्माण इंडो इस्लामिक कल्वरल फाउंडेशन द्वारा अयोध्या जिले के धानीपुर गांव में आवंटित जमीन पर किया जा रहा है गणतंत्र दिवस समाराह पर फाउंडेशन के नौ सदस्यों ने राष्ट्रध्वज फहराया और मस्जिद के लिए आवंटित जमीन पर वृक्षारोपण कर निर्माण कार्य की औपचारिक शुरूआत की फाउंडेशन के अध्यक्ष जफर फारूखी ने इस अवसर पर कहा कि मस्जिद के अलावा एक पुस्तकालय अनुसंधान केंद्र और सामुदायिक लंगर भवन का भी निर्माण किया जाएगा गणतंत्र दिवस पर बिना अनुमति ट्रैक्टर ट्राली निकाल कर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाने और पुलिस के साथ अभद्रता करने के मामले में पूर्व मंत्री व समाजवादी पार्टी के नेता हेमराज वर्मा सहित एक दर्जन लोगों को नामजद करते हुए पीलीभीत के गजरौला थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है इसके साथ ही उनके करीब तीस से अधिक साथियों को भी आरोपी बनाया गया है